मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य स्तरीय टीकाकरण शुभारंभ समारोह में कोरोना वॉरियर्स का आभार जताया

प्रदेश के अधिकांश स्थानों पर न्यूनतम तापमान में मामूली बढोतरी मौसम विभाग ने उत्तरी जिलों में शीतलहर की संभावना जताई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

प्रधानमंत्री ने कहा कि अभियान के पहले चरण में तीन करोड़ लोगों का टीकाकरण किया जाएगा

प्रधानमंत्री ने पिछले कई महीनों से कोरोना टीका बनाने में जुटे वैज्ञानिकों की सराहना करते हुए कहा कि इतने कम समय में देश में दो टीके तैयार करना गर्व की बात है श्री मोदी ने कहा कि भारत में बने टीके विदेशी टीकों से सस्ते हैं लेकिन उनकी गुणवत्ता में कोई कमी नहीं हैं श्री मोदी ने दवाई भी कड़ाई भी का मंत्र देते हुए लोगों से आग्रह किया कि वे पहली ख्राक लेने के बाद मास्क का इस्तेमाल करते रहे और सुरक्षित दूरी बनाए रखें इधर प्रदेश में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री आवास से वीडियो कॉन्फ्रेन्स के माध्यम से राज्य स्तरीय टीकाकरण कार्यक्रम समारोह को सम्बोधित किया राज्यपाल कलराज मिश्र ने टीकाकरण कार्यक्रम शुरु होने पर प्रदेशवासियों को बधाई दी उन्होंने टीकाकरण के साथ ही सभी लोगों से लगातार एहतियात बरतने की अपील की शुभारंभ के मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार के क्शल प्रबन्धन से प्रदेश में कोविड रोगियों की संख्या सीमित रही उन्होंने कोविड के खिलाफ लड़ाई में लगे सभी लोगों का आभार जताया

कोटा मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉ विजय सरदाना ने खुद कोविड टीका लगवाया और लोगों को टीके के बिल्कुल सुरक्षित होने का संदेश दिया बीकानेर के पीबीएम अस्पताल के अधीक्षक डॉ परमिन्दर सिरोही ने भी खुद टीका लगवाकर अन्य लोगों को प्रेरित किया

हनुमानगढ़ सवाईमाधोपुर बारां भरतपुरऔर उदयपुर में भी कोविड से बचाव का पहला टीका मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी को लगाया गया

जालौर में पहला टीका आंगनबाडी कार्यकर्ता पिंकी देवी को लगाया गया करौली सीकर प्रतापगढ गंगानगर पाली टोंक बूंदी चूरू राजसमन्द सहित अन्य जिलों में बनाए गए केन्द्रों पर टीकाकरण कार्यक्रम सुचारु रूप से चला

टीकाकरण से जुडी एक ओर महत्वपूर्ण जानकारी देते हुए नई दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल की विशेषज्ञ डॉ रूपाली मलिक ने बताया कि लाभार्थी को टीकाकरण के नियत दिन के बारे में उसके पंजीकृत मोबाइल पर सुचना दी जाएगी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

आज भीलवाडा से भेजे गए सैम्पल में से एक पॉजिटिव आया है

इसका शुभारंभ राज्यपाल कलराज मिश्र ने किया उन्होंने कहा कि पैट्रोलियम उत्पादों के संरक्षण को सभी स्तरों पर अपनाने से ही विकास का समान रूप से सभी को लाभ मिल सकता है

श्री ठकराल ने बताया कि विज्ञापित पदों की संख्या के दुगने अभ्यर्थियों को पात्रता जांच के लिए अस्थाई सूची में शामिल किया गया है

कुलपति ओम थानवी की अध्यक्षता में आज परिषद की बैठक में यह निर्णय किया गया विश्वविद्यालय के कौशल शिक्षा निदेशक डॉ अशोक कमार नगावत ने बताया कि परीक्षा का विस्तृत कार्यक्रम जल्द ही जारी किया जाएगा

मौसम विभाग ने आज चूरू सीकर झुंझुनूं हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर जिले में शीतलहर चलने की संभावना जताई है